कोरोना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बातचीत प्रधानमंत्री नरेन द्व मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम मिले है क्योकि देश पिछले डेढ़ महीने से हजारों लोगों का जीवन बचाने में सफल रहा है उन्होंने इस महामारी से निपटने से उत्पन्न स्थिति और कार्ययोजना पर चर्चा के लिए वीडियो कांफ्रे ं स के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते हुए ये बात कही प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ यह इस तरह की चौथी बैठक थी श्री मोदी ने कहा कि भारत की जनसंख्या कई देशों की जनसंख्या के बराबर है भारत सहित कई देशों की स्थिति मार्च के शुरूआत में लगभग एक जैसी थी लेकिन समय पर कदम उठाये जाने के कारण भारत बहुत से लोगों की रक्षा करने में सफल रहा श्री मोदी ने चेतावनी दी कि इस वायरस का खतरा अभी बना हआ है और लगातार सावधानी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दो गज दूरी के मंत्र को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मास्क और चेहरा ढकना आने वाले दिनों में लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएंगे प्रधानमंत्री ने बताया कि कई लोग स्वयं ही घोषित कर रहे है कि उन्हें खांसी जुकाम या कोई अन्य लक्षण है और यह स्वागत योग्य बात है प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्ध्या और कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष को महत्व दिया जाना चाहिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस वीडियो कॉन् फ्रेंस में शामिल हुए मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मुख्य सचिव आरपी मंडल और पुलिस महानिदेशक डी एम अवस्थी के साथ कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे कोरोना आपदा मोचन निधि सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के तहत ऐसे व्यक्ति जो दिहाड़ी मजदूर की श्रेणी में आते हैं और लॉकडाउन की वजह से उनकी रोजी रोटी पर काफी बुरा असर पड़ा है उन्हें भी राज्य आपदा मोचन निधि से सहायता पहुंचाई जा सकती है यह जानकारी राजस्व विभाग की सचिव रीता शांडिल्य ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर दी है उन्होंने कहा कि ऐसे जरूरतमंद परिवार जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है और न ही वे राहत शिविरों में रह रहे हैं उनके लिए राज्य आपदा मोचन निधि से सूखा राशन वितरित करने की व्यवस्था की जाए लॉकडाउन उल्लंघन कार्रवाई प्रदेश में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में अब तक डेढ़ हजार से अधिक लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है वहीं एक हजार तीन सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है साथ ही करीब तेरह सौ वाहन भी जब्त किए गए हैं आधिकारिक जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस के सं क्र मण की रोकथाम के लिए राज्य में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है पुलिस विभाग द्वारा सख्ती से कार्यवाही भी की जा रही है मुख्यमंत्री समीक्षा राज्य सरकार ने सिंचाई क्षमता में बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से प्रस्तावित बोधघाट परियोजना सहित कई अन्य महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के सर्वेक्षण और कार्ययोजना तैयार करने की सैद्धांतिक सहमति दी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल अपने निवास कार्यालय में जल संसाधन विभाग के कामकाज की समीक्षा की बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत ने बताया कि बोधघाट परियोजना का डीपीआर आठ महीने के भीतर तैयार कर लिया जाएगा उन्होंने बताया कि यह परियोजना इं द्रावती नदी पर प्र स्तावित है इस परियोजना से दो लाख छियासठ हजार से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और पांच सौ मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है योजना से बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा सुकमा और बीजापुर जिले लाभान्वित होंगे बैठक में यह भी बताया गया कि लॉकडाउन के कारण बीते एक महीने से बंद सिंचाई परियोजनाओं के करीब चार सौ कार्यों को शुरू कराया जा रहा है इससे करीब पचास हजार लोगों को गांव में ही रोजगार मिलने की उम्मीद है सिंहदेव समीक्षा राज्य में वर्तमान समय में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत साढ़े तेरह लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है यह जानकारी पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर में वीडियो कॉन् फ्रें स के माध्यम से पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए दी उन्होंने बताया कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिये भी गांवों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं लॉकडाउन के दौरान गांवों में ही लोगों को रोजगार मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रिथति ठीक है कोरोना के विषय पर श्री सिंहदेव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है और इसकी रोकथाम के लिए पूरी क्षमता से जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है राज्य में साढ़े पांच हजार से अधिक कोरोना सं क्र मितों के उपचार की व्यवस्था अस्पतालों में की जा रही है उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांवों में लोगों के इलाज की व्यवस्था की श्री सिंहदेव ने जानकारी दी कि रैपिड जांच किट के माध्यम से सर्विलांस को पुख्ता किया जा जाएगी रहा है इसके लिए प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों को एक एक हजार किट और सभी जिलों को उनकी आबादी के हिसाब से आरडी किट उपलब्ध कराए गए हैं कोरोना होम्योपैथ डॉक्टर केन्द्र सरकार ने व्हाट्सअप पर भेजे जा रहे इस दावे को गलत बताया है कि आयुष मंत्रालय ने होम्योपैथ डॉक्टरों को कोरोना वायरस के उपचार की अनुमति दे दी है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि आयुष मंत्रालय ने केवल कोरोना वायरस के उपचार में आयुष की भूमिका से संबंधित छोटी अवधि के अनुसंधान प्रस्तावों की प्रणाली तैयार की है आईआईटी ट्यूशन फीस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान शैक्षिक वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए किसी भी पाठ्य क्र म में ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाएंगे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि आईआईटी परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष और संस्थानों के निदेशकों के साथ कोरोना वायरस संकट पर विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है श्री निशंक ने बताया कि केन द्र सरकार द्वारा संचालित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के बारे में फैसला लिया गया है कि स्नातक पाठ्य क्र मों के लिए ट्यूशन फीस में हर वर्ष होने वाली दस प्र तिशत बढ़ो तारी इस वर्ष नहीं की जाएगी उन्होंने बताया कि सरकारी निजी साझेदारी वाले सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों से भी कहा गया है कि आगामी शैक्षिक वर्ष में किसी भी पाठ्य क्र म की ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाई जाए कोरोना विशेष कार्य क्र म आकाशवाणी रायपुर का प्रादेशिक समाचार एकांश कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एक विशेष कार्य क्र म प्रस्तुत कर रहा है कोरोना से जंग जनता के संग नाम के इस विशेष कार्य क्र म की आठवीं कड़ी कल सुबह साढ़े दस बजे से प्रसारित की जाएगी इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र सुबह साढ़े दस बजे एक साथ रिले करेंगे इस कार्य क्र म की कल की कड़ी में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम का विशेष साक्षात्कार भी प्रसारित किया जाएगा

इसी कड़ी में रायगढ़ जिले के सारंगढ़ में राजस्व विभाग के राहत शिविरों में मजदूरों के खाने पीने का इंतजाम और स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई है ओडिशा के टिटलागढ़ से पैदल अपने गृह जिला मध्य प्र देश लौट रहे ग्यारह श्रमिकों को कल राहत कैंप में रखा गया जहां सभी का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया वहीं राजनांदगांव जिला प्रशासन की ओर से भी हैदराबाद से करीब सात सौ किलोमीटर पैदल चलकर कवर्धा की ओर जा रहे मजदूरों को राहत दी गई इस दल में करीब चालीस मजदूर शामिल थे जिला प्रशासन द्वारा इनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई इसके बाद स्वास्थ्य जांच कराने के बाद मजदूरों को वाहनों से इनके गृह नगर कवर्धा भेजा गया लॉकडाउन की वजह से इस बार अक्षय तृतीया के मौके पर राजनांदगांव के छुईखदान ब्लॉक के ठाकुरटोला स्थित मंडीखोल गुफा नहीं खोला गया जिससे इसे देखने पहुंचे पर्यटकों को निराशा हुई यह गुफा साल में एक बार केवल अक्षय तृतीया के मौके पर खुलती है इधर जांजगीर चांपा जिले के करीब चौबीस मजदूर लॉकडाउन की वजह से बलौदाबाजार में फंसे हुए थे बलौदाबाजार जिला प्रशासन की ओर से इन श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और वाहनों की व्यवस्था कर इन्हें उनके गांवों के लिए रवाना किया गया इसी जिले के अकलतरी गांव में गौठानों में लगाई गई सब्जी भाजी कोरोना संक्र म ण के इस आपातकाल में ग्रामीणों के लिए जीने का सहारा बन गई है यह सब्जी भाजी स्व सहायता समूह की महिलाओं ने लगाया था इससे एक ओर जहां ग्रामीणों को गांव में ही आसानी से सब्जी मिल रही है वहीं दूसरी ओर महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी आमदनी हो रही है

उन्होंने लाकडाउन के दौरान छूट प्राप्त सभी निर्माण कार्यों को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए साथ ही कार्यस्थल पर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा इधर महासमुंद जिले के सांकरा में आज पुलिस विभाग ने लॉकडाउन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पलैग मार्च निकाला समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस फलैग मार्च का जगह जगह ताली बजाकर और प्ष्पवर्षा कर स्वागत किया छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने करोना सं क्र मण के इस आपातकाल में जरूरतमंद अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद करने और उन्हें अन्य सहायता प्रदान करने के लिए लगाई गई याचिका पर सुनवाई की यह सुनवाई न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा और न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की पीठ ने वीडियो कॉन फ्रेंसिंग के जरिए की अदालत ने काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल को वकीलों के हित में संचालित योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत करने को कहा केन्द्र उज्जवला योजना लॉकडाउन के दौरान लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए केन्द्र सरकार उन्हें अनेक सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं जशपुर जिले के कोमड़ो गांव के गोपाल राम ने बताया कि उनकी पत्नी के खाते में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत मु पत गैस सिलेंडर के लिए राशि प्राप्त हुई है जिससे उन्हें काफी राहत मिली है

नारायणपुर जिले के मलेचुर गांव के दशरू करंगा ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उनके सामने आर्थिक दिक्कत थी लेकिन मनरेगा के तहत उन्हें गांव में ही रोजगार मिल रहा है वहीं काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है

मुख्यमंत्री ने रायगढ़ जशपुर सूरजपुर सहित सरगुजा और बिलासपुर संभाग के अन्य जिलों में आंधी तूफान और ओलावृष्टि से हुए नुकसान के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टरों से फोन पर चर्चा की इस दौरान सूरजपुर जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि भरवाही गांव में इस प्राकृतिक आपदा से बेघर हुए छह परिवारों के लिए अस्थायी निवास और भोजन की व्यवस्था की गई है मुख्यमंत्री को जिला कलेक्टरों ने बताया कि नुकसान का सर्वे कर प्रभावितों को राहत देने के लिए प्रकरण तैयार किए जा रहे हैं इस बीच सरगुजा जिले में भी बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और धान की फसल के साथ ही सब्जियों की खेती को भी काफी नुकसान पहुंचा है लीची की फसल लगाने वाले किसान भी आर्थिक क्षति को लेकर चिंतित है हमारे संवाददाता के मुताबिक किसानों ने जिला प्रशासन से जल्द से जल्द राहत देने की मांग की है बस दुर्घटना राजस्थान के कोटा से बच्चों को लेकर छत्तीसगढ़ लौट रही एक बस आज मध्यप्रदेश के शिवपुरी के पास एक द्रे लर से टकरा गई इस हादसे में राजनांदगांव की एक बच्ची को मामूली चोटे आई हैं ऋषिका चौबे नाम की यह बच्ची ममता नगर की रहने वाली है मिली जानकारी के अनुसार बच्चों को लेकर ये बसे कल शाम कोटा से रवाना हुई वापसी के दौरान आज सुबह दुर्ग जोन की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई

इन सभी लोगों को दूसरी बस में शि फट कर दिया गया है

इस कार्य के लिए इकसठ ई रिक्शा को आज महापौर देवेन्द्र यादव ने भिलाई स्थित निगम कार्यालय से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया यह ई रिक्शा नई तकनीकों से सुसज्जित है इसके जरिये प्रदूषणरहित परिवहन होगा और इस रिक्शे में सूखे और गीले कचरे को अलग अलग रखने की व्यवस्था भी है मौसम और अब पेश है मौसम का हाल मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने ओले और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है मौसम विभाग के अनुसार ऊ प री हवा में बने च क्र वाती घेरा और तमिलनाडु में बनी द्रोणिका के असर से आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है इस बीच आज दोपहर बाद जगदलपुर में तेज बारिश हुई और ओले भी गिरे

जिले के बाहर जाने की वजह से इस निरीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है